राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सौ अड़सठ नए कोरोना संक्रमितों के नये मामलों की पुष्टि हुई है इनमें राजधानी रांची के तीन सौ चौदह मामले शामिल हैं राज्य में अब तक ग्यारह सौ अंठावन मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके है पिछले कुछ हफ्तों से लगातार स्वास्थ्य दर में वृद्धि दर्ज की गई है राज्य में कल छह मरीजो की मौत हुई है इनमें रांची से तीन बोकारो धनबाद और जमशेदपुर से एक एक मरीज शामिल हैं

पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के ब्रांण्ड अम्बेसडर पप्प सरदार ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना को हराने के लिए बड़ी संख्या में जागरूकता अभियान में शामिल हों

आकाशवाणी से बातचीत में डॉ पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए तीन सूत्र ही स्वयं को सुरक्षित रखने का एक मात्र तरीका है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोविड शपथ दिलायी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

उनका अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ पटना में किया जाएगा श्री पासवान का नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया

इससे पहले कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्री पासवान के निवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर डॉक्टर हर्षवर्धन और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री पासवान के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

लोहरदगा जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है

भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल थाना प्रभारी मनिहारी थाना प्रभारी और पुलिस के जवान भी शामिल थे

वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है और अंतिम मिनट की भाग दौड़ से बचने के लिये जल्द रिटर्न भरने को कहा है वार्षिक रिटर्न भरना केवल दो करोड़ रुपये से ऊपर के वार्षिक टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा

यह पुरस्कार इस संस्था को भुखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढावा देने के लिए दिया गया है इसकी घोषणा कल ऑस्लो में नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिड एंडरसन ने की विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के साथ साथ युद्ध के दौरान भूखमरी को रोकने की दिशा में सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भुखमरी मिटाने की दिशा में काम कर रहा है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ने कल मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की इधर मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्तवर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकतानुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यव्सथा कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है

आरोप पत्र में जिन अन्य लोगों के नाम शामिल हैं वे हैं हैनी बाबू आनंद तेलतुम्बडे ज्योति जगपत सागर गोरखे और रमेश गइचोर

एनआई ए ने स्टैन स्वामी को सीपीआई माओवादी की गतिविधियों में शामिल बताया है आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे पहला मैच अबुधाबी में किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच तथा द्सरा मैच दुबई में चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चौलेंजर्स बंगलौर के बीच खेला जाएगा

राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था

दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर कोरोना पॉजिटिव राज्य शिक्षामंत्री की स्थिति गंभीर स्वास्थमंत्री ने मेडिकल बोर्ड बनाया के शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाई है